मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रि परिषद की बैठक में सिवनी और छतरपुर में नये शासकीय मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की मंजूरी दी गई

इस निर्णय से प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के तहत एक ही परिसर में संचालित विभिन्न शालाओं को एकीकृत करते हुये एक शाला के रूप में संचालित किया जायेगा

संशोधन अनुसार बंद ईकाईयों के प्रबंधन में परिवर्तन के बाद पुनर्संचालित करने पर विशेष पैकेज का निर्णय लिया गया जनजागरण यात्रा कांग्रेस द्वारा प्रदेश में इन दिनों जनजागरण यात्रा निकाली जा रही है इसी क्रम में यह यात्रा कल बड़वानी जिले पहंची बड़वानी नगर में रैली के बाद झण्डा चौक में आमसभा का आयोजन किया गया जिसमें कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जितु पटवारी बाला बच्चन समेत कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे मानवाधिकार संज्ञान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार जैन ने सीहोर जिले में एक कार्यक्रम में छात्राओं के बीमार होने के मामले समेत कई मामलों में संज्ञान लेकर प्रशासन से जवाब मांगा है आयोग ने नसरुल्लागंज के गोपालपुर हाई सेकेंडरी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में छात्राओं के बीमार होने की घटना पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से पन्द्रह दिन में जवाब मांगा है अध्यक्ष श्री जैन ने भोपाल में करीब ढाई सौ मिडिल और प्रायमरी शालाओं में करीब पचास हजार बच्चों को अभी तक अभ्यास पुरस्तिकाऐं नहीं भेजे जाने पर संज्ञान लेकर जिला शिक्षा अधिकारी से सात दिन में प्रतिवेदन मांगा है वहीं मानव अधिकार आयोग ने धार जिले के ग्राम बाईखेड़ा में प्रेमी युगल के साथ मारपीट एवं युवती की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के मामले में पुलिस अधीक्षक से जवाब तलब किया है

मौसम मौसम विभाग ने आगामी दो से तीन दिन में प्रदेश के क्छ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना जताई है विभाग ने कहा है कि आगामी तीन दिन और उसके बाद भी सीमान्त पश्चिमी मध्यप्रदेश के रीवा सतना सीधी सिंगरौली उमरिया अनूपुपर डिंडोरी और बालाघाट जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा के साथ अनेक स्थानों पर वर्षा की संभावना है

इसके चलते उमस और गर्मी का दौर बना हुआ है प्रदेश में आगामी कुछ दिन में बारिश के दोबारा दस्तक देने से प्रदेश के मौसम में परिवर्तन की उम्मीद है

नेशनल लोक अदालत में प्रीलिटिगेशन और न्यायालय में लंबित प्रकरणों को निराकरण के लिए रखा जायेगा

इसमें डेंगू से बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं

इस संगोष्ठी का विषय होगा आधी दुनिया की पत्रकारिता